मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के हर सम्भव प्रयास होंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मौके पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कार्य देश व प्रदेश में हुए हैं उसे हमें समझना चाहिए

जन औषधि आज राष्ट्रीय जन औषधि दिवस है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक भारतीय जन औषधि परियोजना कोन्द्र काम कर रहे हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले तीन वर्षो में जेनेरिक औषधियों की बाजार में हिस्सेदारी में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है जो दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है हिमाचल प्रदेश में भी जन औषधि केन्द्र लोगों के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रहे हैं सोलन में लोगों का कहना है कि उन्हें इन केन्द्रों के माध्यम से काफी कम दामों पर दवाईयां मिल रही हैं महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों की आने वाले एक सौ वर्षों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम कर रही है महेन्द्र सिंह ठाक्र आज सरकाघाट की नरोला पंचायत के मटयारा में उठाउ पेयजल योजना के सुधारीकरण और निरीक्षण कुटीर के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाहन विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है बिंदल आज धारटीधार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो की आधारशिला रखने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती लेकिन जो विकास कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाहन क्षेत्र में हुए हैं वे अपने आप में एक रिकार्ड है उन्होंने कहा कि धारटीधार के काटल मण्डलाह डगजार सड़क की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दी गई है बिक्रम ठाकुर उद्योगमंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है इससे विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान हासिल कर स्वरोजगार से अपना भविष्य संवार सकते हैं बिक्रम ठाक्र आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के जंडौर में नागरिक मंच द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेकों कार्य शुरू हुए हैं जिनके पूरा होने पर क्षेत्र के लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी

प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

नमस्कार